नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्व रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा

एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम शामिल हैं जिनसे खादय सरक्षा बधाने और किसानों तथा रेहपी पटरी वालों को ऋण उपलबध्व कराने में मदद मिलेगी मख्यमंत्री प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी केंद्रीय वित मंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हए वन नेशन वन राशन कार्य को क्रांतिकारी फैसला बताया है जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर जहां भी कार्य के लिए जाएंगे वहीं उन्हें राशन प्राप्त हो जाएगा

परिसंघ का कहना है कि इस घोषणा से प्रवासी श्रमिकों किसानों रेहड़ी पटरीवालों और जनजातीय सम्दाय को राहत देने पर ध्यान दिया गया है

उन्होंने कहा कि किसान क्रेपिट कार्मो के माध्यम से दो लाख करोड़ रुपए की क्रेपिट छूट प्रदान करने से पैसे की कमी के चलते कृषिगत कार्यो में बाधा नहीं आएगी श्री बैनर्जी ने कहा कि निःश्क्ल अनाज और किराये के घरों में दी गई छूट से मध्यम आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी

कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर मनरेगा के कार्य चल रहे हैं

उन्होंने निर्देश दिए कि मजद्रों को समय पर मजद्री मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए

हालांकि स्खद खबर यह है कि करीब आधे संक्रमित प्री तरह स्वस्थ हो च्के हैं

उधर दतिया जिले में भी कोरोना के संक्रमण ने दस्तक दे दी है

दतिया सिविल सर्जन ॉ एनएस उदयप्रिया ने बताया कि ये अहमदाबाद से मजदूरी कर अपने घर वापस आये थे

इन तीनों को आज दोपहर बाद अस्पताल से घर भेजा जायेगा

मंदसौर के कोवि हॉस्पिटल में उपचाररत पांच कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देकर कल घर लौटे

आदिवासी बाह्ल्य उमरिया जिला अब तक ग्रीन जोन मे बना हुआ है

सब्जी वितरण कोरोना संक्रमण को देखते हए नगर निगम इंदौर ने शहर में घर घर राशन वितरण के साथ साथ सब्जी वितरण का भी कार्य शुरु किया है इस दौरान निगम को अनेक स्थानों से अनाधिकृत रूप से सब्जी बेचने की शिकायत मिल रही थी कल नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर पूरे शहर में अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से सब्जी विक्रय और वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई इन सभी विक्रेताओं से सब्जियां जब्त कर प्राणी संग्रहालय में भेजी गई